मुख्यमंत्री कार्यक्रम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी में विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे वे मनाली में अटल टनल का दौरा भी करेंगे

स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संयुक्त रूप से लिखे पत्र में कहा है कि जीवन बचाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण में आजीविका को संरक्षित करना चाहिए

शांता कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता शान्ता कुमार ने केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक को पत्र लिखकर बाबा रामेदव के विरूद्व सभी प्रकार के अपराध के मामले सम्मानपूर्वक वापिस लेने का आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी की दवाइया तैयार करने में कुछ औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण बाबा रामदेव को अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है उन्होंने कहा कि आज भी लाखों कोरोना रोगी केवल शरीर की प्रतिरोधक शक्ति के कारण ठीक हो रहे है और इसी शक्ति की बढ़िया दवाई पंतजलि ने तैयार की थी अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बसों में शत प्रतिशत यात्रियों के बैठने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सौ फीसदी सवारियों के साथ दौड़ेंगी बसें किराए पर असमंजस दिव्य हिमाचल के शब्द हैं फुल कैपेसिटी से दौड़ेंगी बसें

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है सरकार का बस किराया बढ़ाने का कोई इरादा नहीं

जबकि दिव्य हिमाचल का कहना है कांगड़ा में छह हमीरपुर और किन्नौर में पांच पांच ऊना व मंडी में दो दो नए केस

चीन में निर्मित सामान की खरीद नहीं करेगी हिमाचल सरकार शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है मुख्यमंत्री बोले प्रधानमंत्री के मंत्र वोकल फॉर लोकल को दी जाएगी तरजीह इसी खबर पर दैनिक सेवरा टाइम्स की सुर्खी है केंद्र सरकार के बाद हिमाचल सरकार ने लिया फैसला इसी समाचार पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना से ग्रामीण इलाकों में मिलेगा रोजगार

पटवारी भर्ती पर हिमाचल दस्तक ने लिखा है पेपर सेटर अफसर की बहन ने भी दी परीक्षा पास इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है क्वारंटीन होने पर न वेतन कटेगा न छुट्टी